प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ से जन जीवन अस्त व्यस्त रेल और सड़क यातायात प्रभावित सिद्वार्थनगर ज़िले में फ़र्ज़ी प्रमाण पत्रों के आघार पर विमिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अड़तीस शिक्षक बर्ख़ास्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश संकट की घड़ी में केरल और बाढ़ प्रमावित अन्य इलाकों के लोगों के साथ खड़ा है श्री मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ्र ही फिर से उठ खड़ा होगा आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को गँवाया है जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सवा सौ करोड़ भारतीय दुःख की इस घड़ी में आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं राहत और बचाव कार्य में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जांबाजों ने बचाव अभियान में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हाल ही में सम्पन्न संसद का मॉनसून सत्र बहुत रचनात्मक रहा

संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि संसद ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैचानिक शक्तियां प्रदान कर के अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विघेयक पारित किया गया जिससे इन समुदार्यो के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रवानमंत्री ने कहा कि कोई भी सम्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दास्त नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विषेयक को पारित कर के कठोरतम सजा का प्रावधान किया है बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संराधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी के लिए जिस तरह की श्रद्वा की भावना देश में उम्ड़ी वह उनके विराट व्यक्तित्व का परिचायक है सोलह अगस्त को जैसे ही देश और दृनिया में अटल जी के निधन का समाचार सुना हर कोई शोक में इब गया एक ऐसे राष्ट्र नेता जिन्होंने चौदह वर्ष पहले प्रबानमंत्री पद छोड़ दिया था एक प्रकार से गत दस वर्ष से ये सक्रिय राजनीति से काफी दूर चले गये थे अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी वह उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है लेकिन मैं आज अटल जी के विशाल व्यक्तित्व का एक और पहलू उसे सिर्फ स्पर्श करना चाहता हूं और यह अटल जी ने भारत को जो पॉलीटिकल कल्वर दिया पॉलीटिकल कल्वर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया उसको उस व्यवस्था को ढांचे में ढालने का प्रयास किया जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ श्री मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बवाई दी उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे ज़रूर खेलें और अपनी सेहत पर ख़ास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है तराई और पूर्वी जिलों में बाढ़ का प्रकोप अमी भी जारी है भारी बारिश की वजह से पश्चिमी हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है मुरादाबाद रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई रेलगाड़ियों का आवागमन बाधित रहा मिट्टी खिसकने की वजह से पीलीमीत जनपद में बीसलपुर बरेली मार्ग बंद है पिछले दो दिनों के दौरान वर्षा से जूड़ी घटनाओं में अट्ठारह लोगों की मौत हो गयी है और छह लोग घायल हुए हैं लखीमपुर गोंडा फैजाबाद बाराबंकी सीतापुर बस्ती और मऊ जनपदों में लगभग ढ़ाई सौ गांव या तो पूरी तरह पानी में डूबे हैं या उनका संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है प्रदेश के राहत आयक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि कुशीनगर में अब स्थिति नियंत्रण में है जहां पर नारायणी नदी पर तटबंध के टूट जाने के बाद कई गांव पानी में डूब गए थे उन्होंने बताया कि घाघरा और दूसरी नदियों पर बने तटबंघों में आई दरार की मरम्मत का काम लगातार जारी है सिद्वार्थ नगर जिले में फूर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे अड़तीस शिक्षकों को बर्ख़ास्त कर दिया गया है ज़िलाधिकारी कृणाल सिल्कू ने बताया कि शासन के निर्देश और सुवनओं के आघार पर इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम द्वारा सभी अड़तीस शिक्षकों के शैक्षिक अमिलेख फ़र्ज़ी पाये गये हैं बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गई है गोरखपुर देवरिया और कृशीनगर जिलों के रहने वाले इन शिक्षकों की भर्ती दो हजार नौ और दो हजार सोलह में हुई थी प्रदेश सरकार इस वर्ष अक्टूबर माह में लखनऊ में एक तीन दिवसीय कृषि कृम्म अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन करेगी नयी दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सुर्यप्रताप शाही ने बताया कि इस सम्मेलन से कृषि क्षेत्र में कार्यस्त किसानों और कम्पनियों को नए अवसर उपलब्ध होंगे भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षा बन्धन का पर्व कल प्रदेश में हर्षोल्लास और परम्परागत ढंग से मनाया गया श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाये जाने वाले इस त्योहार पर बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांघती हैं तथा उनके सुखमय जीवन और दीर्घायू होने की कामना करती है लखनऊ में साक्षी फाउंडेशन प्रजापिता ब्रम्हक्मारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों तथा दिव्यांग डेवलेपमेंट सोसाइटी कानपुर की दिव्यांग बच्चियों ने राजमवन में राज्यपाल रामनाइक को राखी बांघी इस अवसर पर श्री नाइक ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए प्यार और आत्मीयता बढ़ाने का पर्व है कानपुर जिला कारागार में बंद कैदियों को बहनों से मिलने का अक्सर मिला जिनसे उन्होंने राखियाँ बंधवाई अमरोहा में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई पुलिस कर्मियों ने उन्हें बदले में उपहार के साथ साथ सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल संपन्न हो गई इस वर्ष दो लाख चौरासी हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र ग्फा में शिवलिंग के दर्शन किए श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अक्सर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इसी क्रम में कल जौनपुर ज़िले के मीरशादपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने श्लोक तथा गीत प्रस्तुत किये इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम और आधुनिक युग की वैज्ञानिक भाषा है